कहा योजना के अंतर्गत दो करोड़ से अधिक घर बनाए जा च्रके हैं राज्य सरकार ने कोविड टीकाकरण के लिये नये दिशा निर्देश जारी किये

देर रात तख्त श्रीहरमंदिर साहिब में जन्मोत्सव का होगा आयोजन

तेईस जनवरी के बाद से तापमान में बढ़ोतरी की संभावना बूलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

उन्होंने कहा कि देशवासियों के आत्म सम्मान और अपने घर के बीच सीधा संबंध है श्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश में योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लोगों को विश्वास दिलाती है कि उनका भी अपना घर हो सकता है और वे जीवन में किसी भी समस्या से निपट सकते हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत दो करोड़ से अधिक घर बनाए जा चूके हैं साउंड बाईट गांव में रहने वाले गरीब को पक्की छत देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शुरू की गई है

इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए बीते वर्षो में लगभग दो करोड़ घर सिर्फ ग्रामीण इलाको में ही बनाये गए अकेले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी करीब सवा सौ करोड़ घरों की चाबी लगी दी जा चुकी है सवा सौ करोड़ घरों की चाबी इन घरों को बनाने के लिए करीब करीब डेढ़ लाख करोड़ रूपये अकेले केन्द्र सरकार ने दिए श्री मोदी ने कहा कि यह योजना ग्रामीण भारत में महिलाओं को सशक्त कर रही है क्योंकि इनमें से अधिकतर मकान महिलाओं के नाम हैं घर के साथ गैस सिलेंडर और बिजली कनेक्शन जैसी कई सुविधाएं भी दी जा रही हैं साउंड बाईट महिलाओं का सम्मान महिलाओं का स्वाभिमान महिलाओं का अधिकार और इसलिए हमने जो घर देंगे महिलाओं को घर का मालिक बनाने का उसमें प्रयास होना चाहिए ऐसे समी परिवारों की पहचान करके भी उन्हें इस योजना से जोड़ा जा रहा है ये आवास ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के सशक्तिकरण का भी एक बहुत बड़ा माध्यम बन रहे हैं क्योंकि अधिकतम आवास घर की महिलाओं के नाम पर ही आवंटित किये जा रहे हैं जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें जमीन का पट्टा भी दिया जा रहा है इस पूरे अभियान की सबसे खास बात यह है कि जितने भी घर बन रहे हैं सबके लिए पैसा सीधे गरीबों के बैंक खातों में दिया जा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना को महत्वपूर्ण बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि इससे गांवों में भूमि संबंधी कई मुद्दे सुलझ जाएंगे उन्होंने लोगों से योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने को कहा क्योंकि इससे उन्हें बैंक से ऋण प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी और उनकी भूमि की कीमत भी बढ़ेगी साउंड बाईट गांव में रहने वाले लोगों को उनकी जमीन उनके घर के मालिकाना हक के कागज टेक्नोलॉजी के माध्यम से नाप करके ये हक उनको दिया जा रहा है यूपी के भी हजारों गांवों में ड्रोन से सर्वे किया जा रहा है मैपिंग कराई जा रही है ताकि लोगों की संपत्ति सरकारी रिकार्ड में आपके नाम से ही दर्ज रहे इस योजना के बाद जगह जगह जमीनों को लेकर गांव में होने वाले विवाद समाप्त हो जायेंगे

स्वामित्व योजना का अच्छा प्रमाव अब गांव में बने घरों और जमीनों की कीमतों पर भी होगा

राज्य सरकार ने कोविड टीकाकरण के लिये नये दिशा निर्देश जारी किये हैं इन दिशा निर्देशों में वैक्सीनेशन के लिये पूरे राज्य को दो प्रक्षेत्र में बांटा गया है एक प्रक्षेत्र में पांच प्रमंडल जबकि द्रसरे प्रक्षेत्र में चार प्रमंडल शामिल किये गये हैं इन सभी में अलग अलग दिन टीकाकरण होगा पहले प्रक्षेत्र में भागलपुर मगध दरभंगा कोसी और मुंगेर प्रमंडल के जिलों को शामिल किया गया है इन प्रमंडलों में सोमवार और ग्रूवार को टीकाकरण होगा द्रसरे प्रक्षेत्र में पटना पूर्णियां सारण और तिरहुत प्रमंडल के जिले शामिल हैं जहां मंगलवार और शनिवार को टीके दिये जायेंगे स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोविन पोर्टल में आ रही परेशानियों को देखते हुए ये फैसला किया गया है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों से कोविड टीका को लेकर फैलायी जा रही अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है उन्होंने कहा कि कोविड टीका पूरी तरह सुरक्षित है

कोई ये कहता है कि वैक्सीन से लोगो की इम्पोटेंसी हो जाती है या उससे न्यूरो डैमेज हो जाता है तो एक लाख से ज्यादा लोगो को वैक्सीन लग चुका है चाहे वो ट्रायल में लगा हो या वो रोल आउट में लगा हो और जो वैक्सीन यहां पर यूज हो रही हैं वो और देशों में भी यूज हो रही हैं तो कही भी ऐसा कोई सिग्नल भी नहीं आया है कि किसी को सीरियस एण्ड सिग्नीफिकेंट साइड इफेक्ट हुए हैं इसलिए हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि ये जो वैक्सीन हैं जो हमारे साइटिस्ट्स ने बनाई हैं जिसपर रिसर्च हुई हैं जिसपर सेफ्टी ट्रायल्स हुए हैं और वो जो बाहर भी यूज होनी हैं वो सारी सेफ हैं और उसमें कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं हैं प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर बढ़कर अंठानवे दशमलव दो छह प्रतिशत हो गयी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान दो सौ संतावन रोगियों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर दो लाख चौवन हजार सात सौ पैंसठ हो गयी है वहीं इसी अवधि में दो सौ नौ नये मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर दो लाख उनसठ हजार दो सौ इक्यासी हो गयी आज सबसे अधिक एक सौ पांच मामले पटना से सामने आये हैं वैशाली से सोलह मामलों की पुष्टि हुई है दस जिलों से आज एक भी पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है एक दिन में तीन व्यक्ति की मौत के साथ ही इस वैश्विक महामारी से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर एक हजार चार सौ चौंसठ हो गया है राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या तीन हजार एक सौ दो है इधर देश में कोविड से अब तक एक करोड़ दो लाख पैंतालीस हजार से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं देश में स्वस्थ होने की दर छियानवे दशमलव सात प्रतिशत हो गई है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरू गोबिन्द सिंह के प्रकाश पर्व के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि उनका जीवन मानवता के लिए प्रेरणादायक रहा है ग़्रूजी ने जीवन भर समाज में समानता के लिए लडाई लड़ी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी गुरू गोविन्द सिंह की जयन्ती पर उन्हें नमन करते हुए कहा कि उनका जीवन न्यायपूर्ण समाज गठित करने के लिए समर्पित था श्री मोदी ने कहा कि गुरूजी जीवन भर अपने सिद्धान्तों पर अडिग रहे राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस अवसर पर अपने बधाई संदेश में कहा कि गुरू गोविंद सिंह की शिक्षा और उनका जीवन वर्तमान समय में समाज के लिए प्रेरणा का स्त्रोत है इधर राज्यपाल फागू चौहान विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने हरमंदिर साहिब पहुंचकर मत्था टेका और प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि और शांति की कामना की पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड और कुहासे की चपेट में है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक रवीन्द्र कुमार ने बताया कि अगले दो दिनों तक रात के तापमान में दो से तीन डिगी सेल्सियस तक की और गिरावट आयेगी इस दौरान कहीं कहीं घना कुहासा भी छाया रहेगा उन्होंने बताया कि तेईस जनवरी के बाद तापमान में बढ़ोतरी होगी

जदयू के वरिष्ठ नेता जय कुमार सिंह ने कहा है कि एनडीए के घटक दलों के बीच तालमेल की कमी के कारण रोहतास जिले में पार्टी को सभी विधानसभा सीटों पर हार का सामना करना पड़ा सासाराम में आयोजित समीक्षा बैठक में श्री सिंह ने कहा कि इसके अलावा कोरोना महामारी के कारण जनसंपर्क अभियान की कमी भी हार का एक प्रमुख कारण रही केन्द्र सरकार ने सोशल मीडिया की उन खबरों का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि इस वर्ष आयोजित होने वाली दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिये तैंतीस प्रतिशत अंकों की बाध्यता को घटाकर तेईस प्रतिशत कर दिया गया है पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने एक ट्वीट में इस खबर को पूरी तरह निराधार बताते हुए कहा है कि शिक्षा मंत्रालय ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया है पटना से चंडीगढ़ के लिये आज से सीधी विमान सेवा शुरू हो गयी है वहीं कल से सूरत के लिये विमान सेवा शुरू होगी चंडीगढ़ के लिये सप्ताह के सातों दिन जबकि सूरत के लिये सप्ताह के तीन दिन विमान सेवा उपलब्ध रहेगी विमानन कंपनी इंडिगो और स्पाईस जेट ने ये सुविधा शुरू की है राज्य सरकार ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की सेवा लेने पर रोक लगा दी है

प्रदेश में अब कृषि यंत्रों की जेम पोर्टल के माध्यम से खरीददारी होगी सहकारिता विभाग के निबंधक राजेश मीणा ने ये जानकारी दी श्री मीणा ने बताया कि इस संबंध में सभी पैक्स सदस्यों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जायेगा भोजपुर जिले के चांदी थाना में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर जितेन्द्र सिंह को ट्रक चालकों से वसूली करने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया पटना जिले के नौबतपुर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने दानापुर कचहरी के एक मुंशी की गोली मारकर हत्या कर दी पुलिस ने भूमि विवाद को हत्या का कारण बताया है इधर औरंगाबाद जिले के दाउद नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत नोनार गांव में अपराधियों ने एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी पूर्वी चंपारण जिले के कुंडवा चैनपुर से एसएसबी के जवानों ने डेढ़ किलो गांजा के साथ एक नेपाली नागरिक को गिरफ्तार किया है बांका जिले के बौंसी थाना क्षेत्र अंतर्गत बजरंगबली चौक के पास एक ट्रक की चपेट में आने से एक युवक और एक बच्चे की मौत हो गयी घटना से आक्रोशित लोगों ने कई घंटों तक सड़क जाम कर आवागमन बाधित कर दिया

कहा योजना के अंतर्गत दो करोड़ से अधिक घर बनाए जा चुके हैं राज्य सरकार ने कोविड टीकाकरण के लिये नये दिशा निर्देश जारी किये

देर रात तख्त श्रीहरमंदिर साहिब में जन्मोत्सव का होगा आयोजन

तेईस जनवरी के बाद से तापमान में बढ़ोतरी की संभावना